कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा हथ आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

जिम्मेदारी सौंपी म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने य्वाओं और प्रवासियों को स्वरोजगार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये विभागीय सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी हण उन्होंने इस कार्यक्रम को मिशन मोड में संचालित किये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उददेश्य राज्य के य्वाओं को अधिक से अधिक रोजगार औरस्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हा उन्होंने सभी सम्बन्धित विभाग रोजगार परक योजनाओं के चिन्हीकरण के साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्ययोजना पर ध्यान देने को कहा

ब्याज मक्त ऋण राज्य स्थापना दिवस पर सरकार स्मार्ट राशन कार्ड वितरण और परिवहन की सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के साथ ही किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की श्रूआत करेगी राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी स्धारने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की राशि एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख रूपये करने जा रही है कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह निर्णय अतिवृष्टि और आपदा को देखते हए लिया गया ह ताकि कभी इस तरह की कोई म्सीबत अगर किसान के उपर आती ह तो वह अपनी आर्थिकी को सुधार करके धीरे धीरे ऋण वापस कर सकता है

मुख्य समारोह नौ नवंबर को देहरादून में होगा इस दौरान राज्य स्थापना परेड और उत्कृष्टता सम्मान कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में हई इस कार्यशाला में गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालयी पर्यावरण संस्थान के विशेषज्ञों ने सॉलिड वेस्ट मप्रेजमेंट बायोमेडिकल प्लास्टिक वेस्ट मप्रेजमेंट और एनजीटी के नियमों पर विस्तार से चर्चा की कार्यशाला में राज्य और जिले में पर्यावरण की स्थिति और तघ्रारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया साथ ही राज्य और जिला स्तर पर प्रदूषण को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श और उनका फीडबक्क लिया गया

मत्स्य आहार नई टिहरी में अन्सूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अन्सूचित जाति के मत्स्य पालकों को निश्ल्क मत्स्य आहार वितरित किया गया

जिले में प्राकृतिक जल स्रोतों का भंडार हण उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों और खासकर द्र्गम इलाकों में मत्स्य आहार पहंचाना च्नौती है

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी प्रकार के कार्यो के लिए सेंट्रालाईज्ड टेंडर निकाला जाए साथ ही महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को टेंडर समिति में रखा जाए इसके साथ ही क्म्भ मोबाइल एप और प्लिस सर्विलांस सिस्टम को भी स्वीकृति दी गयी मुख्य सचिव ने प्लिस सर्विलांस सिस्टम को फरवरी के अंत तक ऑपरेशनल करने को कहा

पहली जूलाई से बदरीनाथ धाम में रहने वाले स्थानीय लोगों को दर्शनों को इजाजत मिली थी

कोविड सेंटर निरीक्षण बागेश्वर के कोविड केयर सेंटर में उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित जनपद स्तरीय निगरानी समिति और अन्य अधिकारियों की टीम ने चिकित्सा स्विधाओं का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान टीम ने कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और उन्हें उपलब्ध करायी जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली